विरोध करने पर गार्ड की गोली मारकर हत्या की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिम्स्टेक देशों से व्यापार अर्थव्यवस्था डिजिटल कनेक्टिविटी और सदस्य देशों के लोगों के बीच परस्पर सम्पर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है आज काठमांडू में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका बांग्लादेश भूटान और नेपाल में डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नॉलेज नेटवर्क के विस्तार के प्रति पहले से ही प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि भारत कला संस्कृति समुद्री कानून और बंगाल की खाड़ी से जुड़े अन्य विषयों पर अनुसंधान के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में विशेष अध्ययन केंद्र की स्थापना करेगा श्री मोदी ने कहा कि शांति और आर्थिक विकास सभी विकासशील देशों की प्राथमिकता है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आयुषमान भारत कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी जागरूकता अभियान चलायेगी आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सोलह सितम्बर को एक काव्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा श्री शाह ने कहा कि देश के चार हजार स्थानों पर अटल जी की कविताओं पर गोष्ठी की जायेगी देश में सत्रह से पच्चीस सितम्बर तक सेवा सप्ताह भी मनाया जायेगा

इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य सचिव के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये समीक्षा की मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि पच्चीस सितम्बर से शुरू होने वाली इस योजना के लिये सभी तैयारियां लगभग प्ररी कर ली गयी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि बिहार में एक करोड़ आठ लाख लोगों को इस योजना के लाभार्थियों के रूप में चिन्हित किया जा चुका है प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिव से जन औषधि केन्द्रों की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली प्रदेश में लोक कलाकार गीत और संगीत के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करेंगे इस संबंध में सूचना प्रसारण मंत्रालय केन्द्रीय और राज्य स्वास्थ्य विभाग के बीच सहमति बन गयी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क और संचार ब्यूरो की ओर से आज पटना में दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई जिसमें तेरह जिलों के लोक और पारंपरिक कलाकारों ने हिस्सा लिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम से गरीबों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी समस्तीपूर शहर में नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ताजपूर रोड स्थित एलआईसी कार्यालय के पास हथियार बंद अपराधियों ने आज दिनदहाड़े बावन लाख रूपये लूट लिये अपराधियों ने विरोध करने पर एक सुरक्षा कर्मी को गोली मार दी बाद में अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गयी पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन ने कहा है इस घटना की जांच के लिये एसआईटी का गठन कर दिया गया है उन्होंने बताया कि सुरक्षा गार्ड एलआईसी कार्यालय से रूपये भरे थैले को एक निजी बैंक के कैशवाहन में रख रहे थे तभी मोटरसाईकिल सवार तीन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया पुलिस जिले की सीमाओं को सील कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है चारा घोटाला से जूड़े एक मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आज रांची में सीबीआई की विशेष अदालत में समर्पण कर दिया समर्पण के बाद लालू प्रसाद को खराब स्वास्थ्य के मद्देनजर इलाज के लिये रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया गया है गौरतलब है कि राजद अध्यक्ष की औपबंधिक जमानत समाप्त होने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें आज विशेष अदालत के समक्ष समर्पण करने को कहा था दक्षिण पश्चिम मॉनसून की ट्रफ लाईन पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजर रही है जिसके असर से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक चौदह सेंटीमीटर वर्षा किशनगंज जिले के गलगलिया में हुई वहीं मधुबनी जिले के जयनगर में दस सेंटीमीटर पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में नौ सेंटीमीटर बारिश हुई है बहादुरगंज सीवान गोपालगंज किशनगंज फारबिगसंज ठाकुरगंज मीणापुर दरभंगा चरघरिया और भीम नगर में तीन से छह सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा है कि वस्तु और सेवाकर जीएसटी देश में अब तक का सबसे व्यापक कर सुधार है भारतीय राजस्व सेवा के प्रोबेशनरों के अड़सठवें बैंच को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि यह बहुत संतोष की बात है कि जीएसटी व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू की गई है और इससे अर्थव्यवस्था और ईमानदार करदाताओं को लाभ होगा केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि नोटबंदी विफल रही है क्योंकि अधिकांश नोट बैंकों में वापस लौट आए हैं उन्होंने कहा कि केवल नकदी के जमा होने से यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि यह कर चुकाने के बाद जमा किया गया धन है श्री जेटली ने जोर देकर कहा कि जो नोट बैंकों में जमा नहीं किये गये हैं उनको अवैध घोषित करना ही केवल नोटबंदी का मकसद नहीं था उन्होंने कहा कि व्यापक उद्देश्य भारत को एक ऐसा समाज बनाना था जो कर से बचने की बजाए कर चुकाने में विश्वास करता हो पूर्वी चंपारण जिले में गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण खुशहाली आयी है जो परिवार अब तक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लकडी उपले और ध्रएं वाले जलावन से परेशान रहते थे उन्हें उज्ज्वला योजना ने बडी राहत प्रदान की है

परिवार के सदस्यों को धुएं से परेशानी भी नहीं होती है

इस पैसे से अन्य उपयोगी कार्यो में मदद भी मिल जाती है

आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिये राज्य के किसानों से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन कराने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि भविष्य में विभिन्न योजनाओं में अनुदान भुगतान का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा गौरतलब है कि अब तक राज्य के अठारह लाख से अधिक किसानों ने ऑनलाईन निबंधन कराया है पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना अंतर्गत टिकुलिया चौक के पास उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है छापेमारी में देशी शराब बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रीट शराब पैक करने वाली मशीन गैस सिलेंडर समेत भारी संख्या में उपकरण जब्त किये गये हैं इधर खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर गांव में एक पोल्ट्री फार्म पर छापेमारी कर पुलिस ने शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब बनाने का सामान जब्त किया है वहीं वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने रसूलपुर गांव में छापेमारी के दौरान पांच सौ बोतल से अधिक विदेशी शराब जब्त की है पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही शराब तस्कर फरार हो गया शेखपुरा जिले में निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर बरबीघा बिजली प्रमंडल के जूनियर इंजीनियर रामाश्रय राम और बिजली मिस्त्री पिंटू कुमार को एक उपभोक्ता से बीस हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है मुंगेर पुलिस ने अपराधियों के गिरोह को अवैध रूप से हथियार आपूर्ति करने वाले एक गिरोह के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है उसके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किये गये हैं

विरोध करने पर गार्ड की गोली मारकर हत्या की